इस तरह अब कुल आठ उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं इस उपचुनाव के लिए तीन नवंबर को मतदान होगा नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों का चनाव प्रचार अभियान भी तेज हो गया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज पेण्डा विकासखंड के ग्राम बचारवार बंधी और अड़भार में जनसंपर्क कर पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर केके ध्रुव के पक्ष में प्रचार किया वहीं भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह के समर्थन में भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार चुनावी सभाएं ले रहे हैं अन्य उम्मीदवार और उनके समर्थक भी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं इस बीच मरवाही उपचुनाव के लिए अम्यर्थियों के व्यय लेखो निरीक्षण के लिए तिथि निर्घारित की गई है जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने बताया कि सभी उम्मीदवारों को निर्घारित तिथि और स्थल पर अपना व्यय लेखा निरीक्षण सुनिश्चित करना है इसके लिए अम्यर्थी को स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से व्यय लेखा रजिस्टर और भुगतान देयक समेत सभी दस्तावेज जांच के लिए प्रस्तुत करना होगा निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए विज्ञापन जारी करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके तहत मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में जारी किए जाने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा आयुष्मान सहकार योजना केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज आयुष्मान सहकार योजना की शुरूआत की यह योजना देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में सहयोग करने के लिए सहकारी समितियों की अनूठी पहल होगी आयुष्मान सहकार योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी ने बनाई है श्री तोमर ने कहा कि आने वाले दिनों में एनसीडीसी सक्रिय सहकारी सभितियों को दस हजार करोड़ रूपये तक का ऋण दे सकती है उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के मद्देनजर अधिक से अधिक सुविधाएं बढाने पर जोर दिया गया है एनसीडीसी केन्द्र सरकार के सहयोग से किसानों के लाभकारी क्रियाकलापोर् को मजबूत करने के लिए भी कदम उठायेगी धर्मेन्द्र प्रधान बैठक केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने संसद द्वारा पारित नये कृषि कानूनों को देशमर में किसानों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरूआत बताते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार की कृषि नीति से सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के किसान लाभान्वित होंगे इससे किसानों की आय दोगुनी होगी साथ ही कृषि क्षेत्र में निवेश बढेगा और किसानों की पहुंच विश्व बाजार तक होगी श्री प्रधान ने आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसभिति की पहली वर्चुअल बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान के साथ ही वनोपज और टेक्सटाइल उद्योग के लोग आत्मनिर्भर भारत के विचार से जुड़कर तरक्की कर रहे हैं श्री प्रधान ने कहा कि केन्द्र सरकार दस हजार करोड़ रूपये की लागत से सौ करोड़ लीटर इथेनॉल बनाएगी इसमें एफसीआई के धान का उपयोग किया जाएगा जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को भी लाभ होगा उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने संकीर्ण राजनीतिक सोच के कारण किसानों को गुमराह कर रही है इस मौके पर अपने संबोधन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने ेंकहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार असहमति की आवाज का दमन करने के साथ ही आलोचना करने वालों को प्रताड़ित कर रही है भाजपा कार्यसमिति बैठक इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में आज कृषि प्रस्ताव पारित करते हुए संसद द्वारा पारित कृषि संशोधन विधेयकों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया प्रस्ताव में कहा गया है कि इन विधेयकों से कषि क्षेत्र में एक नये यग की शरूआत होगी कार्यसमिति ने तय किया कि केन्द्र सरकार की कृषि नीतियों और किसानों के कल्याण की उपलब्धियों को घर घर तक पहंचाया जाएगा वहीं राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन भी किया जाएगा बैठक में राज्य सरकार से धान का बकाया बोनस बीस क्विंटल धान खरीदी सहित आठ बिंदओं पर मांग की गई कार्यसमिति की बैठक में शिक्षक भर्ती कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में आम जनता में भय व्याप्त है प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है कृषि कानून कांग्रे स दूसरी ओर नये कृषि कानून और हाथरस की घटना को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आगामी इकतीस अक्टूबर को पूरे देश में किसान अधिकार दिवस और पांच नवंबर को महिला तथा दलित उत्पीडन विरोधी दिवस मनाने का निर्णय लिया है इस संबंध में सभी प्रदेश और जिला कांग्रेस को निर्देश दिए गए हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में पार्टी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों के साथ आयोजित बैठक के बाद संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस आगामी इकतीस अक्टूबर को किसान अधिकार दिवस मनाएगी इस दिन सरदार वल्लममाई पटेल का जन्मदिन और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रण्यतिथि है पार्टी ने सभी राज्य इकाइयों को इस दिन सत्याग्रह और उपवास करने कहा है वहीं पांच नवंबर को महिला और दलित उत्पीडन दिवस मनाया जाएगा साथ ही इस दिन राज्य स्तर पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा

प्रदेश में अब तक एक लाख साठ हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है वर्तमान में छब्बीस हजार से अधिक मरीजों का इलाज विमिन्न अस्पतालों में चल रहा है प्रदेश में अब तक एक हजार चार सौ अटहत्तर लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है वहीं रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील सोनी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से अपना ध्यान रखने की अपील की है इस बीच बालोद जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पेट्रोल पम्प और शराब दुकानों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है कलेक्टर के आदेश के तहत अब पेट्रोल पम्प में बिना मास्क वाले वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा उधर बिलासपुर जिले में कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों की पहचान के लिए दो से बारह अक्टूबर तक जिले में घर घर जाकर सघन सामुदायिक सर्वे अभियान चलाया गया इस दौरान तीन लाख इंक्यानवे हजार से अधिक घरों का सर्वे किया गया इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं मितानिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और निगम कर्मचारियों की भागीदारी रही वहीं कोरिया जिले ने कोविड पेशेंट फीडबैक रिपोर्ट में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर पुरे प्रदेश में दूसरा रैंक हासिल किया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा दस से सत्रह अक्टूबर के बीच संस्थावार की गई इस रैंकिंग में जिले के कंचनपूर स्थित कोविड केयर अस्पताल को इकयासी दशमलव पांच सात प्रतिशत सकारात्मक फीडबैक के साथ पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है कोरोना जागरूकता त्यौहारों के इस मौसम में प्रदेश में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी सावधानियां बरतने के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न शहरों कस्बो और गांवों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं इसी कड़ी में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से आज रायपुर से जागरूकता रथ को रवाना किया गया केंद्रीय सुचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो तथा पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के अपर महानिदेशक सुदर्शन पनतोड़े ने हरी झण्डी दिखाकर कला जत्थे के साथ जागरूकता रथ को रवाना किया इसके पहले कार्यक्रम स्थल पर छत्तीसगढ़ी लोककला मंच नवा अंजोर के कलाकारों ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूकता गीत और नृत्य की प्रस्तृति दी जागरूकता रथ के जरिये शहर की घनी आबादी बाजार चौक चौराहों और कॉलोनियों में कोरोना से बचाव के संदेश देने के साथ ही पॉम्पलेट भी बांटे जाएंगे इस बीच छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका छाया चंद्राकर ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

उन्होंने सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि यदि उनके रेंज या जिले के थाने में पदस्थ किसी निरीक्षक या उप निरीक्षक के विरूद्ध विमागीय जांच या आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो उनकी पदस्थापना थानों में न की जाए इस बीच दूर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने आज पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर आपराधिक मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हाथी उत्पात जशपुर जिले के कुनकुरी वन परिक्षेत्र में हाथियों के हमले से एक महिला की मौत हो गई यह महिला मवेशी चराने और लकड़ी लेने जंगल गई हई थी इसी दौरान हाथियों ने महिला पर हमला कर दिया वन विभाग की टीम मौके पर पहंच गई है और आसपास के ग्रामीणों को हाथियों से सतर्क रहने को कहा गया है वहीं बालोद जिले के डौंडी विकासखंड के ग्राम रजौली के आसपास पच्चीस हाथियों का दल विचरण कर रहा है हाथियों ने लगभग तीस गांवों में खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया है वन विभाग की टीम ने सीमावर्ती गांवों में मुनादी कराकर लोगों को हाथियों से सतर्क रहने और जंगलों में नहीं जाने की सलाह दी है इधर महासमंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में भी जंगली हाथियों का उत्पात जारी है आज एक दंतैल हाथी ने ग्राम परसाडीह के खेतों में पहचकर फसलों को नुकसान पहचाया यह हाथी ग्राम खटटी कोना परसदा लभराकला और बोरियाझर के आसपास विचरण कर रहा है प्रतिमा खोज परीक्षा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा और राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा तेरह दिसंबर को आयोजित की जाएगी यह परीक्षा प्रदेश के अडतालीस केन्द्रों में होगी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी चौबीस अक्टूबर तक अपने विद्यालय में आवेदन कर सकते हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में दसवीं और राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा में आठवीं में अध्ययनरत् विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं मौसम प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है वहीं प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है मौसम विमाग से मिली जानकारी के मुताबिक ऊपरी हवा का एक चक्रवाती धेरा पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास स्थित है इसके प्रभाव से अगले चौबीस घंटों में उसी स्थान पर निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना है इसके कारण छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में काफी मात्रा में नमी आ रही है इसके प्रभाव से दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कुछेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है संक्षिप्त समाचार राज्यपाल के नव नियुक्त सचिव अमृत कुमार खलको ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने राज्यपाल से सौजन्य मुलाकात की छत्तीसगढ़ में सहकारिता के प्रणेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह की कल पुण्यतिथि है इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है पूर्व सांसद स्वर्गीय परसराम भारद्वाज को उनकी पांचवीं प्रण्यतिथि पर खरौद में आयोजित कार्यक्रम भें श्रद्धांजलि अर्पित की गई दुर्ग जिले में पाटन क्षेत्र के जामगांव एम स्थित शराब दुकान में लूट और तोड़फोड़ के मामले में अमलेश्वर पुलिस द्वारा गिरफ्तार सांसद प्रतिनिधि सहित तीन लोगों की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है इसी मामले में सात लोगों को पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बिरगहनी में एक महिला ने अपनी छह माह की बच्ची को हसदेव नदी में फेंककर ख़ुद को आग के हवाले कर दिया आग में झुलसने के कारण महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि बच्ची की तलाश की जा रही है रायगढ़ जिले में सरिया क्षेत्र के भटली गांव के पास दो मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने से हुई भिडंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया गरियाबंद जिले में छुरा क्षेत्र के आवास पारा गांव में शिक्षक के घर पर जुआ खेलते हुए पटवारी लिपिक और नगर सैनिक सहित छह आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है बस्तर दशहरे के तहत आज जगदलपुर में फूल रथ की दूसरी परिक्रमा हो रही है रथ परिक्रमा शुरू होने से पहले पुलिस जवानों द्वारा तोपों की सलामी दी गई बिलासपुर में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से बयालीस लाख रूपये नगद और लैपटॉप बरामद किया गया है महासमुंद जिले के पिथौरा स्थित कर्मचारी कॉलोनी के एक मकान में महिला पर जानलेवा हमला कर लूट की कोशिश की गई इस घटना में महिला घायल हो गई हैं वहीं पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है कबीरधाम जिले में डालडापारा से अगवा किए गए बालक को कोतवाली पुलिस ने कोलगांव से बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया है कबीरधाम जिले में कोतवाली पुलिस ने सट्टा खिलाने के आरोप में एक नाबालिग सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है इनके पास से पांच लाख रूपये की सट्टा पट्टी और लगभग इंक्यावन हजार रूपये की नगद राशि बरामद की गई है